मध्यप्रदेश में होंगे समीक्षा के बाद लागू देशभर में नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदाता सत्यापन का काम प्रारंभ हुआ प्लास्टर ऑफ पैरिस से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए हानिकारक

जगह जगह विराजेंगे विघ्नहर्ता गणपति परिवहन देश भर में आज से सड़क परिवहन के क्षेत्र में पहले से लागू नियमों को और अधिक सख्त करते हुए संशोधित नियम लागू कर दिये गये हैं अब बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा

वाहन तेज गति से चलाने पर अंक्श लगाने के लिए जुर्माने को पाँच हजार रुपये किया गया है

बिना हेलमेट के द्वपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है इधर राज्य के परिवहन मंत्री गोविन्द राजपूत ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नई परिवहन संबंधी नये प्रावधानो को लागू करने से इंकार किया है उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद ही इस पर निर्णय किया जायेगा बैंकिग संशोधन देश भर में आज से ही बैंकिंग नियमों में भी कुछ संशोधन लागू किये गये हैं

राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कुछ राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दी है उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल होंगे एक अन्य पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाये गये हैं वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे जिन्हे राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उधर डाक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालेंगे निर्वाचन आयोग राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया

इसका उददेश्य मतदाताओं के परिवारों से सूचना लेकर नई मतदाता सूची तैयार करना है इस कार्यकम के तहत प्रत्येक परिवार के एक मतदाता को एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया जायेगा जिसके माध्यम से उसे अपना और अपने परिवार के मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज और अन्य विवरण उपलब्ध कराने होंगे इस विवरण का सत्यापन ब्लाकस्तर के अधिकारी करेंगे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से दी जा सकेगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी नागरिकों से सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है ताकि आगामी चुनाव में बेहतर सुविधायें दी जा सके पोषण माह आज से पूरे सितंबर महीने तक देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा इस आयोजन का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

मध्यप्रदेष के भी सभी जिलों में यह अभियान संचालित होगा

तीज भारतीय परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र की कामना का त्यौहार तीज आज मनाया जा रहा है इस अवसर पर मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है साथ हीं बाजारों में भगवान शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों और तीज त्यौहार के पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ भी नजर आ रही है आज महिलायें समूह में इकट्ठा होकर रतजगा करेंगीं और शिव पार्वती की आराधना करेंगी बालश्रम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि बालश्रम को रोकने के लिए बनाये गये कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये बालश्रम के मामले में पुलिस प्रकरण भी शीघ्र कायम होना चाहिये श्री कानूनगो ने आज ग्वालियर में विभागीय अधिकारियों के साथ बाल अधिकारों के संबंध में किये जा रहे कामकाज की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये उन्होंने बताया कि बाल आयोग बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य पोषण और बालश्रम की रोकथाम के लिए लगातार कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके अधिकार मिलें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये

हिन्द् मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता श्री गणेश की आराधना के लिए इस अवसर पर प्रदेश भर में जगह जगह आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं जिनमें भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जायेगी श्रद्वाभक्ति और उल्लास के साथ मनाये जाने वाले गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक क्रीतियों को दूर करने और सामाजिक सदभाव पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे गणेश उत्सव के मौके पर प्रदेश के शहरों के साथ साथ गांवों में भी गणपति उत्सव की धूम रहा करती है और वहां आकर्षक झांकियां सजाई जाती है इस दौरान झांकीस्थलों पर बच्चों में सुजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की सांस्कृतिक और खेलकूद की प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती है उत्सव के आखरी दिन गणेश प्रतिमाओं का चल समारोह निकालकर ध्रम धाम के साथ विसर्जन किया जाता है भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद नरसिंहपुर रायसेन और खंडवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां गणेश उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं